बजट सत्र मध्यप्रदेश में कमलनाथ सरकार राज्य विधानसभा में कल शक्ति परीक्षण का सामना करेगी राज्यपाल लालजी टंडन ने मुख्यमंत्री से सोमवार को विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को कहा है राज्य विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है इस बीच राज्य में राजनीतिक संकट के बीच आज कांग्रेस विधायक जयपुर से लौट आए हैं

ऐसे में मध्यप्रदेश में सियासी घमासान पर सभी की निगाहें लगी हैं कांग्रेस और भाजपा कोई भी मौका नहीं खोना चाहती है इसलिये दोनों पार्टियों ने अपने अपने विधायकों के लिये व्हिप जारी की है इसके अलावा विधायकों को खरीद फरोख्त से बचाने के लिये भी तमाम प्रयास किये जा रहे हैं बजट सत्र के हंगामेदार होने की आशंका के मद्देनजर राज्यपाल ने पूरी कार्यवाही की वीडियोग्राफी कराने के निर्देश भी दिये हैं इधर आज राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राज्यपाल से मुलाकात की श्री भार्गव ने मीडिया को बताया कि राज्यपाल से आग्रह किया गया कि फलोर टेस्ट के दौरान अगर सदन में इलेक्ट्रानिक सुविधा ठीक नहीं है तो फ़लोर टेस्ट सदस्यों द्वारा हाथ उठाकर कराया जा सकता है विधानसभा अध्यक्ष एन पी प्रजापति ने राज्यपाल के अभिभाषण के तत्काल बाद फ्लोर टेस्ट कराने के एक प्रश्न पर श्री प्रजापति ने कहा कि इसका उत्तर कल मिलेगा इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने आज सत्र की तैयारियों का जायजा लिया

स्वास्थ्य मंत्री तरूण भनोट ने आज एक बयान में कहा कि राज्य में पूरी तरह से सर्तकता बरती जा रही है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्ढा ने सभी प्रदेश इकाईयों से कहा है कि वे जन जागरण सहित ऐसे सभी कार्यक्रमों को फिलहाल स्थगित कर दें जिनमें ज्यादा संख्या में लोगों के इकट्ठा होने की संभावना है

अशोकनगर में भी करीला मेले के दौरान कोरोना वायरस से बचाव के तरीके बताये जा रहे हैं

सिवनी से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिला मुख्यालय में चल रही अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता को भी रोक दिया गया है

सातवें वेतनमान में यह भत्ता एक अप्रैल से कर्मचारियों को नकद मिलेगा

बैठक में कोरोना वायरस को लेकर भी चिन्ता जताई गई श्री शर्मा ने बताया कि कैबिनेट ने रामू टेकाम और राशिद सुहेल सिद्धिकी को मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग में सदस्य बनाने की सहमति दी है